ये चुनाव पंचायतों पंचायत समितियों और जिला परिषद के लिए होंगे

इसी रोज चनाव लड रहे प्रत्याशियों की अंतिम सची जारी कर दी जाएगी

आयोग के सचिव सुरजीत सिंह राठौर ने कहा कि पंचायत प्रधानों उप प्रधानों और वार्ड मैम्बरो के लिए वोटों की गिनती मतदान खत्म होने के तूरंत बाद होगी

सुरेश कश्यप इस बीच प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा है कि उनकी पार्टी पंचायत चूनावों में जीत के लिए धरातल पर मज़बूती से काम कर रही है उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव के लिए पार्टी ने प्रदेश स्तर पर चुनाव प्रबंधन सभिति का गठन किया है जिसका नेतृत्व वह स्वयं कर रहे मुख्यमंत्री मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने भगवद गीता के आध्यात्मिक ज्ञान भंडार को संरक्षित करने पर बल दिया है जयराम ठाकर आज हरियाणा के करूक्षेत्र में आयोजित पांचवें अंतर्राष्ट्रीय गीता सैमीनार के उदघाटन अवसर पर बोल रहे थे इस वर्ष आयोजित ं किए जा रहे तीन दिवसीय सैमीनार का विषय सतत अस्तित्व और श्रीमद भगवद गीता दर्शन है उन्होंने कहा कि युवा पीढ़ी को भगवद गीता की शिक्षाओं के महत्व से अवगत करवाया जाना चाहिए अन्राग ठाकुर केन्द्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कोरोना आपदा से पैदा हुई परिस्थितियों में मोदी सरकार द्वारा अपनाई गई साहसिक और प्रभावी नीतियों के चलते देश की अर्थव्यवस्था निकट भविष्य में जल्दी ही पटरी पर लौटेगी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी की आर्थिक नीतियां न केवल भारत को आत्मनिर्भर बनाने की है बल्कि उनका विजन आर्थिक मोर्चे पर देश की स्थिरता और इसके दूरगामी उद्देश्यों की पूर्ति से भी है अनुराग ठाकुर ने कहा कि कोरोना आपदा ने पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था पर अपना प्रभाव डाला है भारत भी इससे अछूता नहीं है गोविंद ठाकुर शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने लोगों से अपील की है कि वे कोरोना के उपचार के लिए अस्पताल आने से न घबराएं उन्होंने कहा कि लोग कोरोना के डर से ईलाज करवाने के लिए अस्पताल आने से हिचकिचा रहे हैं ऐसा करने से बीमारियां ज्यादा गंभीर हो जाती हैं और उपचार कठिन हो जाता है उन्होंने कहा कि कोरोना टैस्टे लक्षण वाले व्यक्ति का ही किया जा रहा है और स्वेच्छा से कोई भी ये टैस्ट करवा सकता है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कुलदीप सिंह राठौर ने पार्टी पदाधिकारियों से सरकार की विफलता को लोगों के बीच ले जाने को कहा है राठौर आज चंबा ज़िला कांग्रेस पदाधिकारियों की बैठक को वर्च्अल माध्यम से संबोधित कर रहे थे उन्होंने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं का आहवान किया कि वे पंचायतीराज संस्थाओं के चुनाव के लिए मैदान में उतर जाएं और अधिक से अधिक पार्टी प्रत्याशियों की जीत सुनिश्चित करने का प्रयास करें